संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में उसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा इस अवसर पर नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

कांग्रेस और विभिन्न दलों के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के साथ बैठक करेंगे

श्रीमती राजे वहां जनसंवाद और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी उनका कल काली बाई पेनोरमा के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है वे आसपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद भी करेंगी

स्टेट काउंसलिंग के बाद ये प्रवेश हुए है